भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज सुजानपुर नादौन और देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाक्र ने ये जानकारी दी है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे इसी तरह मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा करसोग विधानसभा क्षेत्र और शिमला से उम्मीदवार सुरेश कश्यप शिलाई के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे जबकि कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांगड़ा जिला के पालमपुर और बैजनाथ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे

गडकरी वरिष्ठ भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल में परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया हैं

उन्होंने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को अंतर राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने को भारत की सबसे बड़ी जीत बताया

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कल शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इन केंद्रों का पूर्ण प्रबंधन महिला अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है शिमला में बिगड़ी गडकरी की तबीयत दिव्य हिमाचल के शब्द हैं गडकरी की तबीयत खराब सांगला से शिमला आते बिगड़ा स्वास्थ्य सांस की दिक्कत बीपी काफी कम दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री के हवाले से लिखा है कांग्रेस ने सिर्फ चहेतों की गरीबी दूर की

शिमला दुष्कर्म मामले से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है पुलिस का दावा नहीं मिले अपहरण के सुबूत एडीएम ने कब्जे में लिया चौकी का रिकार्ड हिमाचल दस्तक का कहना है बदलते बयानों के बीच पुलिस के हाथ खाली दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है हमीरपुर सीट से इस बार जीत का चौका लगना तय आपका फैसला के शब्द हैं सैनिकों का मनोबल तोड़ रही कांग्रेस भाजपा के प्रचार पर खाद्य आपूर्ति निगम का सेल सुपरवाइजर सस्पेंड शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है चुनाव प्रचार में शामिल कर्मचारियों पर आयोग की बड़ी कार्रवाई

आपका फैसला के शब्द हैं शिमला सहित अनेक स्थानों में भारी ओलावृष्टि सेब और गेहूं की फसल तबाह मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने की खबर भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित है दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है मसूद को लेकर मोदी सरकार के प्रयासों की कूटनीतिक जीत